सिंधिया खेमे को भी दी गई तवज्जो

गूगल फॉर इंडिया इवेंट के अवसर पर श्री पिचाई ने कहा कि यह कदम भारत के भविष्य और इसकी डिजिटल अर्थव्यवस्था में कंपनी के विश्वास का प्रतीक है उन्होंने कहा कि इन निवेशों का जोर भारत के डिजिटीकरण के चार प्रमुख क्षेत्रों पर रहेगा इससे हर भारतीय के लिए स्वयं की भाषा में सस्ती और सुलभ जानकारी मिलेगी भारत की अनूठी जरूरतों के लिए नए उत्पादों और सेवाओं का निर्माण होगा डिजिटल परिवर्तन में लगे व्यवसायों को सशक्त बनाए जा सकेगा और शिक्षा और कृषि तथा स्वास्थ्य सेवा जैसे सामाजिक क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाया जा सकेगा वहीं श्री पिचाई ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी चर्चा की इस दौरान उन्होंने भारत में निवेश की योजनाओं के बारे में जानकारी दी इस बातचीत में विशेष रूप से भारत के किसानों युवाओं और उद्यमियों के जीवन को बदलने में प्रौद्योगिकी की शक्ति पर चर्चा की मंत्री विभाग प्रभार प्रदेश में मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा हो गया है सिंधिया खेमें के मंत्रियों को परिवहन राजस्व जल संसाधन और स्वास्थ जैसे कई महत्वपूर्ण विभाग मिले हैं तो वहीं पिछली शिवराज सरकार में शामिल रहे वरिष्ठ मंत्रियों को भी लोक निर्माण वित्त नगरीय प्रशासन और शिक्षा विभाग जैसे कई बड़े विभागों की जिम्मेदारी दी गई है

राजस्थान सरकार राजस्थान में कांग्रेस विधायक दल ने अशोक गहलोत सरकार के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया है राजनीतिक घटनाक्रम के बीच कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज जयपुर में सम्पन्न हई अशोक गहलोत की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार उस समय संकट में आ गई थी जब उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने खुले विद्रोह का ऐलान कर दिया था श्री पायलट ने दावा किया था कि गहलोत सरकार अल्पमत में आ गई है और तीस से अधिक कांग्रेस विधायक उनका समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस विधायक दल ने आज पार्टी विरोधी कार्य में संलिप्त सदस्यों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की बैठक में कांग्रेस के अलावा राष्ट्रीय लोकदल भारतीय ट्राइबल पार्टी और मार्कसवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायकों ने भी भाग लिया कांग्रेस ने दावा किया कि उनकी सरकार को पूर्ण बहुमत प्राप्त है और वह पांच साल तक काम करेगी

एक बार फिर छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन किया छात्रों की तुलना में छात्राओं का प्रदर्शन लगभग छह प्रतिशत बेहतर रहा

हालांकि सीबीएसई की वेबसाइट में तकनीकी खराबीं से विद्यार्थियों को नतीजे देखने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है

भोपाल में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने अपराधों में संलग्न सफेदपोशों को चिहित कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गौरतलब है कि राजधानी भोपाल में शनिवार रात पुलिस को गश्त के दौरान पांच नाबालिग लड़कियां मिली थीं प्रछताछ में लड़कियों ने बताया कि उन्हें एक कथित पत्रकार के मकान पर जन्मदिन पार्टी में लाया गया था इस दौरान उनके साथ अश्लील हरकतें की गईं और दुष्कर्म किया गया मुख्यमंत्री के निर्देश पर आरोपी पत्रकार प्यारे मियां की अधिमान्यता समाप्त करने और शासकीय आवास खाली कराने की भी कार्यवाही की गई है

जबकि तीन मरीजों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई

टीकमगढ़ मे भी कल एक दिन के टोटल लॉकडाउन करने की घोषणा की गई है इस दौरान आवश्यक सेवाये बहाल रहेगीं

कलेक्टर ने आज इसको लेकर जनअभियान परिषद के सदस्यों के साथ समीक्षा बैठक की

संभागायुक्त कवीन्द्र कियावत ने विधानसभा में कोरोना से बचाव और सैनिटाइजेशन की तैयारियों के संबंध में आज समीक्षा बैठक ली इस दौरान संभागायुक्त ने कहा कि विधानसभा मुख्य भवन और परिसर के सैनिटाइजेशन स्वास्थ्य सुविधाएं प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्क्रीनिंग जैसी व्यवस्था की जाएगी

इस दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्दालुओं ने ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिला प्रशासन के आदेशानुसार सोशल डिस्टेंसिंग मुंह पर मास्क लगाना दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य करने के साथ ज्योतिर्लिंग पर फूल बेलपत्र चढ़ाने और नर्मदा स्नान पर प्रतिबंधित रहा उज्जैन में भी सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ महाकाल की सवारी निकाली गई सतना जिले में सावन के दूसरे सोमवार पर शिवभक्तों द्वारा शिवालयों में पूजा अर्चना की गई मंदसौर के पश्पतिनाथ मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने एहतियाती उपायों के साथ पूजा अर्चना की